श्री मोदी ने ऐसे लोगो से अपने अनुभव सोशल मीडिया पर प्रचलित करने को कहा प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से चल रही जंग में पहली पंक्ति में मोर्चा संभाले हए डॉक्टरों से भी बात की इन्हीं में से एक डॉक्टर नितेश गुप्ता ने कहा कि हमे सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और हमारा सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि मरीज ठीक होकर घर पर जाये

प्रधानमंत्री ने आवश्यक सेवा वाले अन्य कार्मिकों के प्रयास को भी सराहा और कहा कि यदि ये लोग नहीं होते तो मुश्किल की इस घडी का सामना करना नामूमकिन होता प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के संदिग्ध या फिर होम क्वोरेंटाइन में रह रहे लोगों से अन्य लोगों द्वारा किये जा रहे बुरे बर्ताव की खबर पर कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमें ये समझाना होगा कि ये लोग कोई अपराधी नहीं है बल्कि दूसरों को संकमण से बचाने के लिए खुद को अलग कर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे है उन्होंने कहा कि देश के लोगों को सिर्फ सोशल डिस्टेसिंग को ही बढाना है जबकि इमोशनल डिस्टेंस को घटाना है

भीलवाडा में आज एक नया मामला सामने आया है

इन लोगों की जोधपुर एयरपोर्ट पर मेडिकल टीमों द्वारा स्क्रीनिंग की गई इसके बाद इन्हें सेना के वेलनेस सेन्टर में भेजा गया

स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से आश्रय स्थल और भोजन उपलब्ध कराकर प्रवासी कामगारों की मदद करने को कहा है वहीं गंभीर रोगों से ग्रस्त सीजीएचएस रोगियों को तीन महीने की दवा उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है